पुलिस और प्रशासन का अमला पूरे राज्य में स्थिति पर नजर बनाये हए है

टीकमगढ़ देवास और पन्ना जिलों में सोशल मीडिया पर अफवाहें रोकने के लिये इंटरनेट सेवा बन्द की गई है विदिशा में सभी पेट्रोल पम्पो पर खुले डिब्बों में पेट्रोल नहीं दिये जाने के आदेश दिये गये हैं

जिले की सीमा अन्तर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के पटाखे चलाने को भी प्रतिबन्धित किया गया है

आज प्रानी शिवपुरी और देहात थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फ़्लेग मार्च निकाला गया सीहोर और सतना में पुलिस की सतर्कता लगातार बनी हुई है शहर में लोगों का आवागमन सामान्य रहा सिवनी में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आठ लोगों को सतना के मैहर में शान्ति भंग करने के आरोप में तीन युवक और शिवपुरी में पांच लोगों को गिरफ़तार किया गया है वहीं राज्य के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं मुख्यमंत्री कमल नाथ स्वयं राजधानी में रहकर सभी जिलों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं पेंशन सरलीकरण राज्य शासन ने सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आदेश जारी किया है वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेंशन पेमेन्ट आर्डर पीपीओ कम्प्यूटर पर उपलब्ध डाटा बेस के आधार पर ऑन लाइन जारी किये जा सकेंगे पेंशन का भुगतान भी कर्मचारी को उसके वेतन प्राप्त होने वाले बैंक खातों में त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा मंडला शिविर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कहा है कि स्वास्थ्य शिविर की सफलता और अमीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सरकार और सामाजिक संगठनों के सकारात्मक संयुक्त प्रयास से ही संभव है मंडला में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के अवसर पर श्री प्रजापति ने कहा कि समाज के कमजोर तबके की सेवा ही वस्तुतः नारायण सेवा है विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान मरीजों को ले जा रही पांच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रशिक्षण धार के जिला और सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार व्यास ने कहा है कि सभी पैरा लीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति वालेंटियर के रूप में नहीं बल्कि एक फोर्स के रूप में काम करने के लिये हुई है उन्होंने यह बात एक वर्ष के लिये नियुक्त किये गये पैरा लीगल वालेंटियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला में कही पैरा लीगल वालेंटियर लोक अदालत सुलह समझौता और मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिये आम नागरिकों को जागरूक और प्रोत्साहित करेंगे शोक संवेदना रीवा के गोदरी गांव के निवासी सेना के जवान अखिलेश पटेल की कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई शहादत पर मुख्यमंत्री कमल नाथ ने शोक व्यक्त किया है उन्होंने आज यहां अपने ट्वीट में सेना के जवान की हुई शहादत को दुःखद बताते हुए कहा है कि देश की सीमा की सुरक्षा में लगे वीर जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जायेगी उन्होंने जवान के परिवार को आश्वस्त किया है कि दःख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है सरकार उसके परिवार को हरसंभव मदद देगी

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी देने के लिये जगह जगह पर मिलाद महफिलों और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया गया है प्रदेश में लोगों ने देश में साम्प्रदायिकता और आतंकवाद के खात्मे के लिये दुआ मांगी अयोध्या फैसले के मद्देनजर प्रशासन की सलाह के बाद प्रदेश के मुस्लिम संगठनों ने राज्य में शान्ति और सद्भाव बनाये रखने के लिये आज जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया पूरे प्रदेश से ईद मिलाद उन नबी उल्लास और सद्भाव के साथ मनाने के समाचार मिल रहे हैं

टेस्ट मैच के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए मैदान को ढंकने के लिये ब्रिटेन से विशेष कवर बुलाये गये हैं इसके अलावा सुपर सॉपर मशीने भी मैदान में रहेंगी जिनसे बारिश के बाद लगभग दो घंटे में मैदान को खेलने योग्य बनाया जा सकता है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

आशीष के पिता मजदूरी करते हैं

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बस सतना से श्यामनगर जा रही थी